राज्य में लोकसभा की एक और विधानसभा की पांच सीटों पर हुये उप चुनाव के नतीजे घोषित कर दिये गये हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोजपा के प्रिंस राज ने कांग्रेस के अशोक कुमार को एक लाख से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे भी आ गये हैं राजद को दो जदयू एआईएमआईएम और निर्दलीय को एक एक सीट पर सफलता मिली है बेलहर विधानसभा क्षेत्र से राजद के रामदेव यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जदयू के रामधारी यादव को हरा दिया वहीं सिमरी बख्तियारपुर सीट से राजद प्रत्याशी जफर आलम ने जदयू के डॉक्टर अरूण कुमार को पंद्रह हजार पांच सौ आठ मतों से पराजित कर दिया यहां वीआईपी पार्टी के दिनेश कुमार निषाद पच्चीस हजार से अधिक मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे इधर नाथनगर सीट पर जदयू ने अपना कब्जा बरकरार रखा है इस सीट पर जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल ने राजद की राबिया खातून को पराजित किया किशनगंज विधानसभा सीट पर असदउददीन औवेसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने जीत दर्ज कर बिहार में पहली बार खाता खोला है इस सीट से पार्टी के कमरूल होदा ने भाजपा की स्वीटी सिंह को पराजित किया दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार कर्णजीत सिंह ने जीत दर्ज की उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जदयू के अजय सिंह को करीब सताईस हजार मतों से हरा दिया है पिछले विधानसभा चुनाव में पांच में से चार सीटों पर जदयू और एक पर कांग्रेस का कब्जा था उपचुनाव के नतीजों पर विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सब से ऊपर है श्री मोदी ने कहा कि जो कमी रह गयी है उसे दूर कर लिया जायेगा जदयू उपाध्यक्ष और राज्य सभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की लेकिन चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबीक नहीं आये इधर उपचुनाव में राजद के बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीनी मुद्दों के आधार पर जनता ने वोट किया है इधर लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उप चुनाव मे एनडीए गठबंधन के निराशाजनक परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस परिणाम से एनडीए में कोई असर नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के सभी नतीजे घोषित कर दिये गये हैं महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है एनडीए गठबंधन ने राज्य की दो सौ अठासी सीटों में से एक सौ उनसठ सीटें जीत ली हैं वहीं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को एक सौ चार सीटें मिली हैं चुनाव नतीजों के बाद प्रदेश में सरकार गठन के लिये कोशिशों तेज कर दी गयी हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जनता को मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है

वहां की सरकारों ने जो काम किया उस पर विश्वास है और एक अच्छा बदलाव देश में हुआ है उसको लोग जारी रखना चाहते हैं और इसीलिए हमें जनादेश मिलता रहेगा ये मुझे विश्वास है इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है नतीजों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा की नब्बे सीटों में से चालीस सीटें जीत ली हैं वहीं कांग्रेस ने इकतीस सीटों पर जीत दर्ज की है इधर दुष्यंत चौटाला की नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी ने दस सीटें जीती हैं जबकि अन्य के खाते में नौ सीटें गयी हैं

इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया मंत्रिमंडल ने राज्य में पेट्रोल डीजल की वैट की दर में चार प्रतिशत कमी की है इससे पेट्रोलियम के दोनों उत्पादों की कीमतों में कमी आयेगी बैठक में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सत्रह प्रतिशत की दर से इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी होगा इसके साथ ही कैबिनेट ने पुलिस मैनुअल में बदलाव और राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राजगीर आयेंगे वे विश्व शांति स्त्रप के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित यह स्तूप जापानी बौद्ध मिक्षु फुजी गुरूजी द्वारा भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष उन्नीस सौ उनहत्तर में बनवाया गया था स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे हमारे संवाददाता धर्मेन्द्र कुमार राय ने खबर दी है कि इस समारोह में देश विदेश के तीन सौ से अधिक बौद्ध भिक्षू और श्रद्धालू हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति श्री कोविंद इस अवसर पर आयोजित समारोह को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दीपावली के दिन सताईस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को मदद करेगी उन्होंने कहा कि यह बहुत जीवंत समाचार व्यवस्था होगी साउंड बाईट मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्रसार भारती न्यूज सर्विस जो है हमारा प्रसार भारती में ये कुछ दो तीन साल पहले हम सोचा था कि ऐसा एक व्यवस्था या संस्था हमारे प्रसार भारती के अंदर होना चाहिए आज इस दफ्तर का उद्घाटन जो हुआ है मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा ये कदम है और आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए ये न्यूज फ्लो जो है ये प्रसार भारती न्यूज सर्विस आगे समय में देखेगा मैं समझता हूं इसका भविष्य बहुत उज्जवल है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जमाबंदी और होल्डिंग नम्बर की अनिवार्यता पर फिलहाल रोक लगा दी है राज्य सरकार ने दस अक्टूबर से किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जमाबंदी और होल्डिंग नंबर को अनिवार्य कर दिया था न्यायमूर्ति एस पांडेय की खंडपीठ ने आमोद बिहारी सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार से इस मामले में जवाब देते को कहा है न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद ही इस मामले में अंतिम आदेश दिया जायेगा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 पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिपारा इलाके से निगरानी की टीम ने राजस्व विभाग के सर्किल इंस्पेक्टर को बीस हजार रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार सर्किल इंस्पेक्टर विजय कुमार शर्मा पर रसीद काटने को लेकर े घूस मांगने का आरोप है अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और कई जगहों पर वज्रपात की आशंका है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे विजय मर्चेट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने असम के खिलाफ एक सौ सैंतीस रन की बड़ी बढ़त बना ली है पहली पारी में बिहार के एक सौ अठहत्तर रन के जवाब में असम की पहली पारी एक सौ दस रन पर ही सिमट गयी मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिहार ने दूसरी पारी में चार विकेट खोकर सड़सठ रन बना लिये हैं टीम के एक अधिकारी रवि गोस्वामी ने यह जानकारी दी जमुई जिले के सदर थाना अंतर्गत जमुई सिकंदरा मार्ग पर नारडीह गांव के पास पांच अपराधियों ने एक पंचायत सेवक से डेढ़ लाख रूपये लूट लिये